चुनाव गतिविधी प्रदेश में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं सभी पार्टियां अपने अपने चुनावी सूची को अंतिम रूप देने में जुट गये हैं भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद्वारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की सूची आज जारी होने की संभावना है अन्य राजनैतिक दलों की भी करीब करीब उम्मीद्वारों की सूची जारी हो गई है कल से नामांकन पत्र भी दाखिल होना शुरू हो गये हैं

जिसमें गुना में तीन इंदौर में दो मुरैना अशोकनगर दमोह बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा होशंगाबाद विदिशा देवास धार और रतलाम में एक एक नामांकन पत्र जमा हुए हैं वोटर पर्ची बूथ नक्शा प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग ने फोटो वाली वोटर पर्ची के पीछे पोलिंग बूथ का नजरी नक्शा भी प्रिंट कर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है पहली बार किए जा रहे इस प्रयोग के तहत इस वोटर पर्ची को मतदाता के घर चुनाव की तिथि से पांच दिन पहले तक पहुंचाया जाएगा निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदाता पर्ची का साइज भी पहले की तुलना में बड़ा होगा मतदाता पर्ची के पीछे पोलिंग बूथ के नजरी नक्शा के अलावा बूथ नम्बर चुनाव की तिथि और समय हेल्पलाइन नम्बर बीएलओ का नाम तथा मोबाइल नम्बर सहित मतदाता के मार्गदर्शन के लिये महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी अधिकृत वोटर पर्ची को पोलिंग ब्रथ पर मौजूद अधिकारियों द्वारा मतदाता की पहचान के लिए भी मान्य किया जाएगा व्यय प्रेक्षक केन्द्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा नियुक्त व्यय प्रेक्षक ने शिवपुरी जिले में विधानसभा चुनाव हेतु जिले में विभिन्न समितियों द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा की इस बैठक के दौरान पेडन्यूज समाचार पत्रों और समाचार चैनलों पर प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों और खबरों पर निगरानी रखने के दिशा निर्देश दिये उन्होंने एफएसटी दलों द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी लेते हुए वाट्सएप ग्रूप बनाकर आपस में जानकारी आदान प्रदान करने के निर्देश भी दिये मतदाता अभियान प्रदेश में विधान सभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को जागरूक करने के लिये अनेक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं खंडवा जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के अतंगर्त पिंक सप्ताह के दौरान स्कूली छात्र छात्राओं को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विकास नरवाल ने बताया है कि श्रेष्ठ संभाग पुरस्कार में संभागीय आयुक्त पुलिस महानिरीक्षक को पुरस्कार दिये जाएंगे

उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में सामान्य श्रेणी के अंतर्गत श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिला निर्वाचन अधिकारी पुलिस अधीक्षक रिटर्निंग ऑफिसर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बीएलओ को पुरस्कृत किया जायेगा इसी तरह मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नगर निगम आयुक्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्वीप नोडल अधिकारी मास्टर ट्रेनर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी अन्य शासकीय अधिकारी कर्मचारी को विशेष श्रेणी में पुरस्कार दिये जाएंगे श्री नरवाल ने बताया कि शासकीय विभाग शासकीय एजेंसी सार्वजनिक उपक्रम को श्रेष्ठ शासकीय स्वीप पार्टनर पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे

साथ ही दो हजार से अधिक हथियार जब्त किये गये हैं और ढाई लाख से अधिक शस्त्र थानों में जमा कराये गये हैं

उधर हमारे आगर मालवा संवाददाता ने बताया है कि जिले की यातायात पुलिस ने कल शाम सुसनेर मार्ग से वाहनों की चेकिंग के दौरान एक कंटेनर से एक करोड़ चौदह लाख के सिक्के पकड़े हैं पुलिस अधिक्षक ने जिला कौषालय अधिकारी से अवलोकन कर बताया कि आरबीआई द्वारा समय समय पर यह सिक्के बैंकों में भेजे जाते हैं

श्री सिंह कल ष्फेस्टिवल आफ डेमोक्रेसीष् के अवसर पर शौर्य स्मारक में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में उपस्थित श्रोताओं को सम्बोधित कर रहे थे सांस्कृतिक कार्यक्रम में फ्यूजन बैंड इंडियन आशियन द्वारा मतदान के लिये आमजन को प्रेरित करने संबंधी प्रस्तृतियां दी गयी उज्जैन के व्यंग्य कलाकार हिमांश् बवंडर तथा स्थानीय कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से आमजन को मतदान के महापर्व में अपना योगदान देने का आग्रह किया मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में स्वीप गतिविधि के संदर्भ में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कान्ता राव अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव आयुक्त जनसम्पर्क पी नरहरि संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विकास नरवाल आईजी भोपाल रेंज श्रजयदीप प्रसाद कलेक्टर भोपाल सुदाम खाड़े सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे

सतना जिले में आचार संहिता के उल्लंघन मामले में सतना सांसद सहित शरद उत्सव के आयोजकों के विरूद्ध मामला दर्ज किया है